उन्होंने कहा कि भारत ने सभी उपायों को निचले स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए एक के बाद एक कई उपाय किये उन्होंने कहा कि यह स्निश्चित किया गया कि सभी राज्य सरकारें मिलकर काम करें और सभी महत्वपूर्ण निर्णय विशेषज्ञों के साथ मिलकर लिये जाएं

उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन भारत न थकेगा न हारेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए पहले फैसले के म्ताबिक सभी सांसदों के वेतन में एक साल के लिए तीस फीसदी कटौती की जायेगी

इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा इस सबंध में केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी

राज्यपाल ने पूरे वर्ष अपने वेतन में स्वेच्छा से वेतन में कटौती किए जाने का निर्णय लेते हए आशा व्यक्त की कि हर एक के योगदान से इस महामारी से देश निपट सकेंगा गौरतलब है कि इससे पहले राज्यपाल ने अपने एक माह का प्ररा वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया था उधर कल रात राजभवन में राज्यपाल डॉबीडीमिश्रा और प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने दीप जलाकर कर कोविड के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया

जिला उपाय्क्त के अन्सार इस दौरान तीन से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक रहेगी शेष समय में लॉकडाउन नियमों के अन्सार बाकी सभी प्रतबंध जारी रहेंगे

श्री मोदी ने स्वयं दीप प्रज्जवलित करते हए अपना फोटो साझा किया है

ईटानगर पासीघाट तेजु सहित राज्य के सभी इलाकों में पी एम मोदी के आहवान पर कोरोना के खिलाफ दीप जलाकर संकल्प लिया गया राज्य के होलोंगी और दोईम्ख में तैनात एन डी आर एफ के अधिकारियों और जवानों ने भी दीए जलाकर इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने में सहयोग का संकल्प लिया राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ्ह देश के लोगों की एकज्टता से इस महामारी पर जल्द नियंत्रण किया जा सकेगा

एन डी आर एफ के जवान राज्य में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव सहायता कर रहे है उन्होंने चेक गेट के आसपास के इलाकों में दवाओं का छिड़काव किया ताकि ड्य्टी करने जवना और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा आम नागरिक भी इस महामारी से सुरक्षित रह सके

इससे व्यापारी और ग्राहक दोनों कोविड से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हए लॉकडाउन के दौरान दैनिक जरुरतों को पूरा कर रहे है